देहरादून में किया उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का उदघाटन प्रदेश में पांच सौ पिंक बूथों पर केवल महिला अधिकारी और कर्मचारी करायेंगी मतदान

प्रतिभागी स्कूली बच्चों को मिले पुरस्कार

निवेशक सम्मेलन प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कारोबार को आसान बनाने के लिये कई उपाय किये है देहरादून में आज पहले उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बडे बदलाव के दौर से गुजर रहा है आज कारोबार आसान हुआ है बैंकिग सिस्टम को भी ताकत मिली है जीएसटी के तौर पर भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे बंडा टैक्स रिफोम किया है उन्होंने कहा कि सरकार चार सौ रेलवे स्टेशनों के आध्रनिकीकरण और सौ नये हवाई अडडे तथा हेलीपैड बनाने की दिशा में अग्रसर है दो दिन के इस आयोजन में प्रमुख औद्योगिक घराने हिस्सा ले रहे है जिसका उददेश्य राज्य में निवेश के अवसरों को तलाशना है चुनाव बैठक राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकांताराव ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक पर्यावरण बचाने के लिये भी अपना योगदान दे और इस बार चुनाव में ईको फ़ेंडली प्रचार प्रसार करें आज भोपाल में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करने पर जोर दिया उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश में लगभग पांच सौ पिंक बूथों पर केवल महिला अधिकारी और कर्मचारी मतदान करायेंगी

उन्होंने बताया कि मतदान के पांच दिन पूर्व बीएलओ द्वारा वोटरस्लिप का घर घर वितरण किया जायेगा चुनाव की अधिसूचना दो नवम्बर को जारी होगी

विदिशा में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले में तत्काल प्रभाव से शासकीय योजनाओं और जनप्रतिनिधियों के विज्ञापन बोर्ड हटाये जाने का काम शुरू कर दिया है वहीं भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाडे ने चुनाव प्रचार के लिये छपवाये जाने वाले बैनर पोस्टर और पंपलेट के संबंध में प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया है मुरैना जिले में चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजित कराने की प्राथमिकता और उददेश्य को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव ने एक बैठक ली उन्होंने शासकीय संपत्तियों और धर्म स्थनों का उपयोग राजनैतिक कार्यो से नही करने के निर्देश दिये है वहीं पन्ना में आज बडी संख्या में होर्डिंग्स कट आउट और बैनर पोस्टर हटा दिये गये जागरूकता शिविर शिवपुरी जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है आज दिव्यांगजन मतदाताओं को मतदान व वीवीपैट के बारे में जानकारी दी गयी जिले में इसे बार मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों के लिये व्हीलचेयर सहित अन्य व्यवस्थाएं रहेगी जागरूकता शिविर में दिव्यांगजनों को मतदान को लेकर आवश्यक जानकारिया दी गयी राष्ट्रपति यात्रा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान की तीन दिन की यात्रा पर रवाना हो गये है श्री कोविंद ताजिकिस्तान की राजधानी द्रशाम्बे में आज स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्र में भारतीय समुदाय को संबोधित करेगें राष्ट्रपति का कल रस्मी स्वागत किया जायेगा जिसके बाद वे ताजिकिस्तान के शीर्ष नेताओं से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर बातचीत करेंगे सत्याग्रही एकता परिषद के संयोजक पीवीराजगोपालन ने कहा कि जलजंगल और जमीन की मांगों को लेकर निकाली गयी पदयात्रा स्थगित कर दी गयी है उन्होंने बताया कि मुरैना में कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने उनसे भेंट करके उन्हें अपना समर्थन देने को कहा है वहीं इसके पहले ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने जलजंगल और जमीन से जुडी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है

सप्ताह के तहत जिले के चयनित स्कूलों में विद्यार्थियों को निबंध चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताओं के जरिये सीधे पर्यावरण से जोडने का प्रयास किया गया वन विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया समापन अवसर पर भोपाल में विजेता छात्र छात्राओं को शील्ड और प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत किया गया इसके अलावा बच्चों को पौधरोपण के प्रति प्रेरित किया गया वहीं सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में सभी सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया

वीर नारी रैली सेना के सुदर्शन चक कोर के जनरल आफिसर कमाडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने कहा है भारतीय सेना अपने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के प्रतिबंद्व है उन्होंने ये बात भोपाल में आयोजित पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की एक दिवसीय रैली के दौरान कहीं लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं सीएसडी पेंशनरिकार्ड आफिस पूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना से जुड़े मुददों सहित विभिन्न विषय सेना की प्राथमिकताओं में है पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिये आयोजित इस रैली में भोपाल होशंगाबाद सीहोर विदिशा और रायसेन के करीब एक हजार पांच सौ पूर्व सैनिकों और वीर नारियों सहित उनके परिजनों ने भाग लिया